केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से सूफी संत ख्वाजा मोइनुददीन हसन चिश्ती के उर्स में चादर चढाई परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा प्रदेश के सभी मार्गो पर बसों के संचालन के लिए सरकार नीति बना रही है

प्रदेशभर में बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व परम्परागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

रेल मंत्री पीयुष गोयल के टवीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने उनके प्रयासों की सराहना की श्री गोयल ने ट्वीट कर कहा था कि कर्नाटक के चन्नापटना में स्वदेशी खिलौनों और हस्तकला की प्रदर्शनी के बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया था टवीट में उन्होंने कहा था कि इससे देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा

श्री नकवी ने बाद में प्रधानमंत्री का संदेश पढकर सुनाया प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि अपने विचारों से समाज में अमिट छाप छोड़ने वाले ख्वाजॉ मोईनुद्दीन हसन चिश्ती हमारी आध्यात्मिक महान परंपरा के आदर्श प्रतीक हैं उनके मूल्य और विचार मानवता को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कल चादर चढाई जायेगी मुख्यमंत्री ने आज जयपुर से चादर रवाना करते हुए अजमेर आने वाले सभी जायरीन और प्रदेशवासियों को उर्स की मुबारकबाद दी

आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हए उन्होंने कहा कि नई नीति से विभाग में पारदर्शिता आयेगी और भ्रष्टाचार पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा श्री खाचरियावास ने कहा कि जनता को राहत देने के लिए ग्रामीण परिवहन सेवा बड़े स्तर पर लायी जा रही है इसके लिए सभी विधायकों सहित परिवहन निरीक्षकों प्रादेशिक और जिला परिवहन अधिकारियों से मार्गो को लेकर सुझाव मांगे गये है परिवहन मंत्री ने बताया कि जल्द ही इलेक्टिक बस चलेंगी इसके लिए जयपुर और दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन लगाए गए है

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी घोषणाओं पर समय से कार्यवाही करने तथा योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि सुसंस्कृत एवं संस्कारवान समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए बेटियों की सुरक्षा तथा उनका विकास सभी का नैतिक दायित्व है राज्यपाल आज मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट द्वारा आयोजित लाडो का सम्मान कार्यक्रम को ऑनलाइन सम्बोधित कर रहे थे

राज्य सरकार ने कल विधानसभा में एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी

अब तक इस बीमारी से एक करोड़ छह लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या निरंतर घट रही है

उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों से अपनी बारी आते ही अपना वैक्सीनेशन करवाने का आग्रह किया

इसी के तहत आकाशवाणी जयप्र के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे जयपुर से हमारे श्रोता का संदेश

इस अवसर पर श्रद्वालू विशेषकर छात्र विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देशवासियों को बधाई और श्भकामनाएं दी हैं

प्रदेशभर में आज बसंत पंचमी परंपरागत उत्साह के साथ मनाई जा रही है इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर देवी सरस्वती की पुजा अर्चना की गयी बसंत पंचमी पर अबुझ सावा होने के कारण आज बडी संख्या में शादी समारोह सहित विभिन्न मांगलिक कार्यकम हो रहे है इस अवसर पर भरतपुर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और महिलाओं ने ब्रज गीतों पर नृत्य की प्रस्तृति दी ब्रंदी में बसंत पंचमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाकमों को साझा करने का आग्रह किया लोग नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं